प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे

कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे

सरकार ने किसानों के उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने का संकल्प भी दोहराया है सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बार में फैसला करें उधर नए कृषि कानूनों के समर्थन में तीन लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपा श्री तोमर ने कहा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण ही आवश्यक सुधारों को जमीनी स्तर पर आकार दिया जा रहा है कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है उनतीस दिसंबर को हेमंत सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन होगा इस मौके पर मुख्यमंत्री लगभग पंद्रह सौ करोड़ रूपये की उनीस योजनाओं का उदघाटन करीब बारह सौ करोड़ रूपये की ग्यारह योजनाओं का शिलान्यास और अन्य पंद्रह योजनाएं लांच करेंगे वे लगभग पांच लाख तैंतीस हजार से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे वही सभी जिलों में भी विकास मेला का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में कोरोना से बचाव और रोकथाम की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरात यह आदेश दिया गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी इसकी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लेने की बात कही है

इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा बिरासी पूर्वी सिंहभूम से तीस और धनबाद से बाइस लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं रांची से ही सर्वाधिक अठत्तर नए सक्रिय मामले सामने आए हैं

इनमें एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पचहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार सोलह संक्रमितों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक हजार पांच सौ पंचानबे है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर संतान्बे दशमलव सात प्रतिशत हो चुकी है

यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वर्गीय वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और संसद में वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे स्वर्गीय वाजपेयी लोकसभा के लिए दस बार और राज्यसभा के लिए दो बार चुने गए थे प्रधानमंत्री के रूप में उनका कई महत्वपूर्ण योगदान रहा जिससे साहसिक सुधारों और ढांचागत विकास के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कल मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया खराब शौचालयों और सिर पर मैला ढोने वालो की पहचान तथा इस संबंध में आंकड़ों के जियो टैग के लिए स्वच्छता मोबाइल ऐप बनाया गया है श्री गहलोत ने कहा कि सरकार हाथ से मैले की सफाईकी कुप्रथा जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है खूंटी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालयों की अद्यतन स्थिति को लेकर उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की

श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी राज्य सरकार ने आकांक्षा योजना के तहत सीटों की संख्या को अस्सी से बढ़ाकर दो सौ चालीस करने का निर्णय लिया है इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निश्ल्क तैयारी कराई जाती है इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में आकांक्षा योजना को शुरू करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा आठ और नौ की बोर्ड परीक्षा में बहवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे काउंसिल ने इस सिलसिले में माडल सेट प्रश्न पत्र जारी कर दिया है इसके तहत कक्षा नौ की बोर्ड परीक्षा में सभी विषयें में चालीस चालीस प्रश्न पूछे जाएंगे वहीं कक्षा आठ के सभी विषयों में बीस बीस बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे मॉडल सेट प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र इस माह के अंत में जारी कर दिए जाएंगे राजधानी रांची में कांके हटिया और गेटलसूद डैम का दस दिनों के अंदर सीमांकन कराने के बाद पिल्लर लगाने और तार से घेरे जाने का काम किया जाएगा जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने इन तीनों डैम को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए यह निर्देश दिया है इस सिलसिले में एक टीम का गठन किया गया है राज्य सहित पूर देश में आज क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है इधर राज्य भर के गिरजा घरों में विशेष पूजा प्रार्थना सभा हो रही है हालांकि कोरोना को देखते हुए मसीही समुदाय के लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं

ये ट्र्नामेंट अगले वर्ष आयोजित होने थे

उसके खिलाफ एक लाभुक ने कूप निर्माण में कमीशन मांगने की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी

विधायक अंबा प्रसाद ने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया

अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से हिन्दी में प्रकाशित सभी अखबारों ने राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर मुख्यमंत्री द्वारा रोक लगाए जाने के आदेश और किसमस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने नये भारत में नये बंगाल की अहम भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन की खबर अपनी पहली सुर्खी बनाई है दैनिक भास्कर ने राज्य के नगर निकायों में वाटर टैक्स महंगी होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने रिम्स में पेसमेकर लगाने के लिए लगभग चालीस हजार रूपये ज्यादा लेने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है